लोगों का पलायन जारी पटना में देर रात फतुहा से बंका घाट के बीच कोसी एक्सप्रेस में भीषण डकैती

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की जायेगी रणनीति और देश के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया मुहर्रम का चांद

मध्य प्रदेश के बाणसागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सोन और गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है पटना रोहतास औरंगाबाद और अरवल जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है इन क्षेत्रों से लोग पलायन करने लगे हैं रोहतास के इंद्रपुरी बराज में पानी का दबाव बढ़ने के बाद नहरों के जरिये पानी छोड़ा जा रहा है पटना में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बांध के एक दर्जन से अधिक गेटों को बंद कर दिया गया है पुनपुन नदी के जरिये अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए स्लुइस गेटों को खोल दिया गया है जल संसाधन विभाग के अभियंता स्थिति पर नजर बनाये हुए है किसी भी संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है पटना मोकामा रेलखंड के फतुहा से बंका घाट के बीच अपराधियों ने देर रात कोसी एक्सप्रेस में जमकर लूटपाट की डकैतों ने आधा दर्जन बोगियों को निशाना बनाते हुए यात्रियों के मोबाईल रूपये और अन्य सामान लूट लिये विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की गयी वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत हवाई फायरिंग करते हुए ट्रेन को वैक्यूम कर फरार हो गये भारत बंद के कारण कल कोसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दस घंटे विलंब से चल रही थी और ट्रेन में एस्कार्ट पार्टी नहीं थी इस मामले में यात्रियों के बयान पर पटना साहिब रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज से बोधगया में शुरू हो रही है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि बैठक में पार्टी के सांसद विधायक विधान पार्षद और अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे बैठक में बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कई केन्द्रीय मंत्री और राज्य सरकार में शामिल सभी मंत्री हिस्सा लेंगे इस दौरान मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति तैयार की जायेगी साथ ही मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तार से विचार विमर्श होगा श्री राय ने बताया कि बैठक में विपक्षी दलों द्वारा एससी एसटी मुद्दे महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम का जबाव देने की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में तय की गयी कार्ययोजना के क्रियान्वयन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जायेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के अलग अलग विभागों की ओर से गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम के माध्यम से अब तक करीब सैंतालीस करोड़ रुपये की खरीद की गई है और पचास करोड़ रुपये की खरीददारी प्रक्रियाधीन है पटना में नेशनल मिशन ऑन जेम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सचिवालय और उससे जूड़े विभागों में खरीद के लिए जेम की शुरूआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी उन्होंने बताया कि फिलहाल बिहार में जेम पोर्टल पर एक हजार दो सौ उनतालीस विक्रेता निबंधित हैं तथा विभिन्न विभागों की ओर से अब तक करीब सेंतालीस करोड़ रुपये की खरीद की गई है केन्द्रीय कृषि सचिव एस के पटनायक ने कहा कि देश खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि दलहनों की कमी की समस्या से उबर कर निर्यात की स्थिति में पहुंच गया है उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि दलहन के उत्पादन में पिछले तीन साल के दौरान मिनी हरित क्रांति आ गयी है सरकार की नीतियों और दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुयी वृद्धि के कारण दलहनों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है उन्होंने कहा कि बासतमी चावल का निर्यात किया जा रहा और गेहूं की पैदावार जरुरत से अधिक हुई है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि राजभवन उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाये रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में सुधार कार्यक्रमों को गति प्रदान करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा श्री टंडन ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचारी कदम उठाये जाने चाहिए जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन सकें देश के किसी भी हिस्से में कल मुहर्रम का चांद नहीं देखा गया इस कारण अब इक्कीस सितम्बर को यौम ए आशूरा यानी मुहर्रम मनायी जायेगी फुलवारीशरीफ स्थित इमारत ए शरिया ने इसकी पुष्टि की है केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण विकास के लिए चलाये जा रहे तेरह कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए दो सौ अटठाईस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ये प्रस्कार प्रदान करेंगे ये प्रस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े अधिकारीयों के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिये जायेंगे बिहार और नेपाल के बीच आज से बस सेवा शुरू होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे बोधगया से काठमांडू और पटना से जनकपुर के बीच पहले चरण में तीन तीन बसों का परिचालन किया जायेगा भूदान भूमि वितरण जांच आयोग एक सप्ताह के अंदर भूदान की वितरित जमीनों की जांच शुरू करेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में भूदान यज्ञ समिति द्वारा तीन लाख सैंतीस हजार एकड़ जमीन का वितरण किया गया है जमीन वितरण से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में चल रही है न्यायालय के निर्देश पर ही राज्य सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है यह आयोग अपनी रिपोर्ट दो साल में देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम में चार लाख तैंतीस हजार किसानों को अब तक डीजल अनुदान मिल चुका है उन्होंने पटना में कहा कि डीजल अनुदान के रूप में किसानों के खाते में चौवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये भेजे जा चुके हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने भागलपुर सहरसा और बांका के जिलाधिकारियों से सृजन घोटाले में आरोपित अधिकारियों का सेवा इतिहास तलब किया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद जांच की कार्रवाई तेज कर दी गयी है राज्य सरकार नगर निकायों में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक के लिए कार्ययोजना बना रही है इस संबंध में नगर विकास और आवास विभाग ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ड्राफ्ट पर पंचायती राज विभाग और विधि विभाग से परामर्श मांगा है आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत बंद से जुड़ी खबर और उसकी तस्वीरों को प्रमुखता से छापा है सभी अखबारों ने अंदर के पन्नो पर भी भारत बंद के दौरान हुए उपद्रव और नेताओं के बयानों को प्रकाशित किया है इस खबर को हिन्दुस्तान ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष दैनिक जागरण ने लिखा है फिलहाल फ्यूल पर केन्द्रीय करों में कटौती के कोई आसार नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है कोसी एक्सप्रेस में डकैती रॉड से हमला हवाई फायरिंग कई जख्मी हिन्दुस्तान ने हैदराबाद ब्लास्ट में दो दोषियों को फांसी की सजा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर ने रूपये की मूल्य में आ रही गिरावट को प्रमुखता देते हुए लिखा है रूपया बहत्तर रूपये सड़सठ पैसे तक गिरा आरबीआई से सरकार ने कहा बचाने के उपाय करें

लोगों का पलायन जारी पटना में देर रात फतुहा से बंका घाट के बीच कोसी एक्सप्रेस में भीषण डकैती

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की जायेगी रणनीति और देश के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया मुहर्रम का चांद